दूसरी सूची में चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ को मालवीय नगर और उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को झोटवाड़ा से फिर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है बस्सी से पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस में रहे अभिनेष महर्षि को भाजपा का दामन थामते ही रतनगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है दूदू से प्रेम चंद बैरवा तथा बगरू से कैलाश वर्मा पर फिर भरोसा किया गया है बांसवाडा से विधायक और राज्यमंत्री धनसिंह रावत को टिकट नहीं दिया गया है राजकुमार रिणवा और बाबूलाल वर्मा का टिकट भी काट दिया गया है इसी तरह रामगढ़ से विधायक ज्ञानदेव आह्जा चाकसू से लक्ष्मीनाराण बैरवा संगरिया से कृष्ण कड़वा जैसलमेर से छोट् सिंह चौहटन से तरूण कागा कठूमर से मंगलाराम गढ़ी से जीतमल खाट को भी टिकट नहीं दिया गया है

कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर कल पूरे दिनभर कयास लगाये गये लेकिन देर रात तक कोई भी सुची जारी नहीं हई इस बीच दौसा से भाजपा सांसद हरीष मीणा और नागौर से भाजपा के विधायक हबिबुर्रहमान ने कल कोंग्रेस का हाथ थाम लिया नई दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट तथा अन्य नेताओं की मौजूदगी में श्री मीणा ने कांग्रेस की सदस्यता ली इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि पूरे देष में कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं की कतार लगी है

विभाग ने विशेष तौर पर पैसे और शराब बांटने से रोकने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कल जोधप्र में चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि जोधपुर बाड़मेर और नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी

पीड़ित व्यक्ति इस सम्बन्ध में संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने समूहों द्वारा हिंसा मॉब वॉइलेन्स और जनसमूहों द्वारा बिना किसी कानूनी कार्यवाही के गैर कानूनी रूप से व्यक्ति को मौत के घाट उतार देने मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद इस तरह की घटनाओं को गम्भीर अपराध मानते हुए यह निर्णय लिया है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की खंडपीठ ने विभिन्न पक्षों द्वारा पेश की गई दलीलों को सुना और अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया

कल नई दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक दोनों सदनों में पारित कराये जायेंगे

एक अन्यं मैच में सायना नेहवाल जापान की यामागुची अकाने से हार गई पुरुष सिंगल्सग में किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं